प्रधानमंत्री कृषि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत एक लाख करोड़ रूपये की वित्तीय सुविधा की शुरूआत की ये कोष कृषि उद्यमियों स्टार्टअप कृषि प्रौद्योगिकियों और फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन तथा कृषि परिसम्पत्ति पोषण से संबंधित किसान समूहों के लिए हैं इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे

यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित किया गया और इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना कृषि में स्टार्टअप के लिए अच्छा अवसर उपलब्ध कराएगी उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे इंदिरा वन मितान योजना प्रदेश के वनवासियों की खुशहाली और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इंदिरा वन मितान योजना शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर यह घोषणा की इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी अंचल के दस हजार गांवों में युवाओं के समूह बनाकर उनके माध्यम से वन आधारित विभिन्न आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी इस योजना में अनुसूचित क्षेत्रों के करीब उन्नीस लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समूहों के जरिये वनवासियों के स्व रोजगार और उनकी समुद्धि के नए द्वारा खुलेंगे योजना के तहत समूहों की मदद से वनोपज की खरीदी और उसके प्रसंस्करण के साथ ही इसे बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के पचयासी विकासखण्डों में वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा है एक प्रसंस्करण केन्द्र की अनुमानित लागत लगभग दस लाख रूपए होगी इसके लिए साढ़े आठ करोड़ रूपये की राशि प्राधिकरण मद से उपलब्ध कराई जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित होने वाली इस योजना के लिए गठित प्रत्येक समूह में दस से पंद्रह सदस्य होंगे इन समूहों को वृक्ष प्रबंधन का अधिकार दिया जाएगा जिससे वे वन क्षेत्रों के पेड़ों से वनोपज संग्रहण कर आर्थिक लाभ ले सकें वनों में इमारती लकड़ी की बजाय फलदार और वनौषधियों के पौधे लगाए जाएंगे जिससे वनवासियों की आय बढ़ सकें

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की शुरूआत की इस मौके पर बस्तर जिले के बड़ेकिला गांव से आए आदिवासी लोक नर्तक दल ने गौर नृत्य प्रस्तृत किया इस दौरान आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत उद्योग मंत्री कवासी लखमा और महिला तथा बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया भी इस गौर नृत्य में शामिल हुए इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दो जिलों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवगठित गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की साथ ही श्री बघेल ने मरवाही को नगर पंचायत बनाने और जिले में दो अंगेजी माध्यम के स्कूल खोलने का भी ऐलान किया उन्होंने कहा कि मरवाही में पूर्णकालिक जिला महिला और बाल विकास अधिकारी तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी वहीं मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जगदलपुर के चार लोगों को वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किया इसके साथ ही जगदलपुर देश का पहला नगर निगम बन गया जहां शहरी लोगों को वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्मारक से आने वाली पीढ़ियां आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास संस्कृति और शहीद वीरनारायण सिंह के शौर्य से परिचित हो सकेंगी आज विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश के आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और शिक्षा ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति में तेजी से तरक्की कर रहा है इस लिहाज से देश और प्रदेश के विकास में आदिवासी समाज की भागीदारी लगातार बढ़ रही है इस बीच दुर्ग महासमुंद बलौदाबाजार भाटापारा रायगढ़ बलरामपुर और बस्तर जिले में विश्व आदिवासी दिवस पर पात्र आदिवासियों को सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र का सांकेतिक रूप से वितरण किया गया वहीं द्र्ग महासमुंद और जगदलपुर में दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में स्थानीय वार्ड पार्षद सुनीता सिंह ने पौधारोपण किया वहीं राजनांदगांव जिले में आदिवासी समाज द्वारा अलग अलग स्थानों पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए इन कार्यक्रमों में सामाजिक समस्याओं के समाधान के साथ ही कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया गया

आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं कोरबा जिला पंचायत के सीईओ की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद उन्हें कोरबा के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं फिलहाल ये दोनों कोरोना से स्वस्थ होकर अपने घर आ चुके हैं कबीरधाम जिले में चौदह और बस्तर जिले में तेरह लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आई है वहीं अंबिकापुर जिले में भी आज कोरोना संक्रमित सात मरीजों की पहचान की गई है इनमें से तीन सब्जी विक्रेता हैं जो अंबिकापुर के कला केन्द्र मैदान में सब्जी की दुकान लगाते हैं वहीं दुर्ग जिले में आज कोरोना संक्रमित तीन मरीजों की पुष्टि हुई है जिले में आज छत्तीस मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई इधर रायगढ़ कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमित पैंतालीस वर्षीय मरीज की मौत हो गई उधर सुकमा जिले में छुट्टी से लौटे सीआरपीएफ के तीन जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजीटिव आई है जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने इसकी पृष्टि की है

उन्होंने बताया कि बिरगांव में पचयासी नहीं बल्कि एक सौ चौरासी लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया इनमें से केवल नौ व्यक्ति की कोरोना पॉजीविट पाए गए हैं रायपुर में जिला कलेक्टर के निर्देश पर कोविड फोर्स बाजारों में पहुंची और लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाकर उन्हें दुकानें सील करने की चेतावनी दी गई उधर दुर्ग में नगर निगम के दल ने सात दुकानदारों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में उनसे सात हजार रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है

राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमारी न्याय दिलाने की विरासत से जुड़ी है श्री बघेल ने आज मासिक रेडियोवार्ता कार्यक्रम लोकवाणी की नौवीं कड़ी में न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर अपने विचार साझा किए मुख्यमंत्री ने अगस्त क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस का विशेष रूप से जिक्र करते हुए इनके महत्व की भी चर्चा न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार की आदिवासियों किसानों मजदूरों जरूरतमंदों और सभी वर्ग के लोगों के लिए न्याय योजना को धरातल पर उतारने की खातिर संकल्पित है रेडियोवार्ता लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर ढाई हजार रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर उन्होंने अपना वादा निभाया है अपने संबोधन में श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश की जेलों में बंद आदिवासियों को छुड़ाने का निर्णय लेकर इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना ग्रामीणों की आजीविका और समृद्धि का माध्यम बन रही है इसके तहत प्रदेश में दो हजार आठ सौ गौठान बनाए जा चुके हैं वहीं पश्पालकों से दो रूपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है

किसानों ग्रामीणों के पैसे से गांव के बहुत से काम धंधे चलते हैं हमारी इस सोच और विश्वास को देश के बड़े बड़े विद्वानों अर्थशास्त्रियों स्वतंत्र संस्थाओं ने प्रमाणित किया है जो लोग पहले किसानों पर आदिवासियों पर ग्रामीणों पर हमारे द्वारा किये जा रहे खर्च पर आश्चर्य जताते थे वे अब इस बात पर आश्चर्य जता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का यह मॉडल पहले क्यों नहीं सूझा था अब तो यह प्रमाणित हो गया है कि गांवों से निकली राशि से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बचाया और बढ़ाया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौर में जब अर्थव्यवस्था टूट रही थी तब छत्तीसगढ़ में जीएसटी का संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में बाईस फीसदी बढ़ा है वहीं भूमि के पंजीयन में भी सत्रह प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जबकि वाहनों की खरीदी में बीस से तीस प्रतिशत तक वृद्धि हुई लोकवाणी कार्यक्रम में श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है लोगों को इससे बचाव के लिए सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है

हम सबको पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है घर से निकलते समय फेस मास्क फेस कव्हर फेस शील्ड आदि जो संभव हो वह साधन अपनाते रहिए फिजिकल दूरी का पालन कीजिए भीड़ से बचिए साबुन से हाथ धोने बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने जैसे सुरक्षा के हर संभव उपाय करते रहिए मुख्यमंत्री ने स्वाधीनता सेनानियों की कुर्बानियों को याद करते हुए कहा कि हमारी आजादी के आंदोलन का वह दौर न्याय की लड़ाई का दौर था इसने भारत की आजादी के साथ ही दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना और जन जन के न्याय का रास्ता तैयार किया

इस अवसर पर प्रदेशभर में स्वाधीनता सेनानियों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई इसी कड़ी में दुर्ग जिले के भिलाई नगर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्वांजलि देने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया वहीं भिलाई के सेक्टर नौ स्थित अस्पताल में भी स्वाधीनता सेनानियो की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की गई प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह के आयोजन होने के समाचार मिले हैं इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को मद्देनजर केन्द्रीय सम्मान पेंशन प्राप्त करने वाले स्वाधीनता सेनानियों को इस बार उनके घर पर ही सम्मानित करने के निर्देश दिए हैं इसके तहत आज रायपुर के अपर कलेक्टर एनआर साहू और तहसीलदार अमित बेग ने स्वाधीनता सेनानी सूरज प्रसाद सक्सेना को चौबे कॉलोनी स्थित उनके घर पर जाकर परिजनों की उपस्थिति में शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया वहीं जांजगीर चांपा जिले में कुम्हारीकला गांव में शहीद मनोज बरेठ के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया इसी तरह नैला जांजगीर में शहीद लोकेश टंडन की माता को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया वहीं कमलाझर फरसवानी नवागढ़ और सोनसरी में भी स्थानीय अधिकारियों ने शहीदों के परिजनों को उनके घर जाकर सम्मानित किया दुर्घटना महासमुंद जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई वहीं पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह पश्चिम बंगाल से कुछ मजदूर चारपहिया वाहन में सवार होकर महाराष्ट्र जा रहे थे इसी दौरान पिथौरा थाना क्षेत्र के टेका गांव के पास उनका वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया यह हादसा इतना भीषण था कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया हादसे में गंभीर रूप से घायल पांच अन्य लोगों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है माओवादी आत्मसमर्पण कोंडागांव जिले में आज चार माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है पुलिस अधीक्षक सिद्दार्थ तिवारी ने बताया कि हाल ही में माड़गांव क्षेत्र से दो युवकों और दो युवतियों को माओवादी बलपूर्वक अपने साथ ले गए थे लेकिन इन चारों ने माओवादियों के विचारों से विमुख होकर दोबारा समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का निर्णय लिया और स्वयं अपने गांव वापस आ गए पुलिस अधीक्षक ने इन्हें सरकार के नियम के तहत दस दस हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की हलषष्ठी संतान की लंबी आयु की कामना से जुड़ा हलषष्ठी का पर्व आज प्रदेशभर में परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है इसे कमरछठ भी कहा जाता है इस मौके पर माताओं ने व्रत रखा और मिट्टी का छोटा कुंड बनाकर प्रजा अर्चना की पूजा सामग्री के रूप में धान अरहर मक्का गेहूं महुआ लाई और पसहर चावल चढ़ाया गया साथ ही व्रत रखने वाली महिलाओं ने हलषष्ठी व्रत की कथा भी सुनी हलषप्ठी के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों विशेषकर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है वहीं प्रदेश के मध्य और दक्षिण भाग में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तटीय ओडिशा के ऊपर निम्न दाब का एक क्षेत्र बना हुआ है इसके असर से राजधानी रायपुर धमतरी और बालोद सहित राज्य के अनेक स्थानों पर आज बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश हुई

हालांकि बैंक के भीतर रखी गई नगद राशि को बचा लिया गया है दमकल गाडी पहंचने से पहले लोगों ने मोटर पम्प से पाईप लगाकर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन इस दौरान बैंक भवन का काफी हिस्सा जल चुका था दुर्ग जिले में उरला चरोदा के पास आज दो युवक युवतियों ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया इस घटना में युवती की मौके पर ही मौत हो गई जबकि घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है

हालांकि इनमें से एक बालक को बचा लिया गया जबकि दूसरे बालक की तलाश की जा रही है

मृतक बिहार का रहने वाला था